इस कार्यक्रम के तहत सरकार की योजना विभिन्न राज्यों के बीच एक दूसरे की संस्कृति की जानकारी बढ़ाने के लिए आपसी आदान प्रदान की व्यवस्था करना है प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि मामल्लपुरम से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने कल एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विचार विमर्श के लिये बैठक के अतिरिक्त नई दिल्ली में कई कार्यक्रमो में भाग लिया एक भारत श्रेष्ठ भारत देश की विविधता के साथ राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पहल है इस विशेष मिशन का लक्ष्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना और क्षेत्रीय संस्कृतियों के महत्व को उजागर करना है प्रधानमंत्री ने दो हजार पंद्रह में सरदार पटेल की एक सौ चालीसवी जंयती के अवसर पर इस कार्यक्रम की घोषणा की थी कार्यक्रम के अन्तर्गत हर वर्ष प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अपनी संपर्क के लिए अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जायेगा

अपर सियांग जिला मुख्यालय यिंगकियंग में महात्मा गांधी की एक सौ पचास वी जंयती के तहत कल भाजपा की संकल्प यात्रा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति राज्य के सामाजिक संगठनो नागरिक और छात्र संगठनो को साथ लेकर इस मुद्दे पर कदम उठाएगी श्री खांड् ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास और प्रदेश में निवेश को बढ़ाकर युवाओ के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास कर रही है इस अवसर पर यिंगकियंग से बिशिंग के बीच प्रस्तावित एक सौ पचास किलोमीटर लंबी दो लेन की सड़क के निर्माण के लिए दस गांवो गेटे पूंगिंग लिकोर पालिंग सिंगिंग एंगिंग जिदो गोमिंग मायुंग और बिशिंग के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सड़क के निर्माण के लिए भूमि के मुआवजे का दावा न करने की घोषणा की उन्होंने मुख्यमंत्री से इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का आग्रह किया

प्रशिक्षण के दौरान लगभग चार सौ बयासी कैडेट्स को ड्रिल मेप रिडिंग फिल्ड क्राफ्ट फिजिकल फिटनस और फायरिंग की प्रशिक्षण दी जा रही है प्रशिक्षण के तहत कैडेटो को आपदा प्रवंधन योगा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी प्रशिक्षण दिया गया यह दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी पंद्रह अक्टूबर को समाप्त होगा

आदि जनजाति समूह से जूड़े स्मारक स्थल का महत्व इसलिए है क्योंकि अटठारह सौ तिरानंबे चौरानंबे में आदि लोगो ने अपने इलाके की रक्षा के लिए ब्रिटिस सेना का बाहादूरी से सामना किया था काफी समय से अपेक्षित रहे इस स्थल को ठीक करने के लिए जिला पर्यटन अधिकारी आनुंग लेगो के नेतृत्व में हिमालयान ओरेंज टूरिजम कमीटी और दाम्बोक याणो तापात और बिजारी गांवो के लोगो ने बढ़चढ़ कर इस अभियान में भाग लिया

पार्क को मानसून के दौरान हर वर्ष बंद कर दिया जाता है मुख्य मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने पार्क के बागोरी और कोहोरा रेंज को पर्यटको के लिए खोले जाने की औपचारिक घोषणा की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पार्क के सौन्दर्यीकरण संरक्षण और विकास के लिए कई कदम उठाए है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेकिंग इंडिया के आह्वान के बाद काजीरंगा पार्क विश्व के सर्वाधिक पंसदीदा स्थलों में से एक बन गया है और यह गर्व की बात है कि देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सत्रह केंद्रों में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थापित हुआ है